कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है लॉकडाउन के दौरान सब्जी दूध चिकित्सा सहित अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को चालू रखा जाएगा राजधानी रायपुर में दो दिनों के लॉकडाउन की अवधि आज शाम से ही शुरू हो गई है जो कि सोमवार सुबह तक चलेगी जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि इन दो दिनों के दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने बताया कि राजधानी में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा उन्होंने बताया कि सड़कों पर बेवजह घमने वाले लोगों के साथ पुलिस सख्ती करेगी वहीं राजनांदगांव जिला कलेक्टर जेपी मौर्य ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिले में उद्योग और कारखाने अन्य दिनों की तरह ही चालू रहेंगे लॉकडाउन के दौरान इन कारखानों में सुबह सात से शाम चार बजे तक काम होगा इस बीच दूर्ग कलेक्टर अंकित आनंद और पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने आज शहर में करीब पांच किलोमीटर पैदल मार्च किया इन अधिकारियों के साथ कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और करीब सौ पुलिसकर्मियों ने पैदल मार्च कर लोगों को शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के बारे में जानकारी दी यह पैदल मार्च दर्ग कोतवाली थाना से शुरू होकर शनिचरी बाजार चण्डी मंदिर तकियापारा होते हुए पटेल चौक पहुंचा इस मार्च के दौरान शहर में जगह जगह लोगों ने पुलिसकर्भियों का आमार जताया ट्रेन दुर्घटना महाराष्ट्र में आज तड़के हुए रेल हादसे में सोलह श्रमिकों की मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हो गए हैं यह द्र्घटना करमाड़ के पास सताना में हुई जो औरंगाबाद और जालना के बीच में है यहां पर श्रमिक रेल पटरियों पर सो रहे थे तभी मालगाड़ी की चपेट में आने से मौके पर ही पंदह लोगों ने दम तोड़ दिया जबकि एक अन्य की मृत्यु अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस रेल हादसे पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने मृतकों के परिजर्नो के प्रति अपनी संवेदना जताई है उन्होंने इस घटना में घायल व्यक्ति के जल्द स्वास्थ्य लाम की कामना की है श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकमार डहरिया ने भी इन श्रमिकों के निधन पर दख जताया है साथ ही इस घटना के बाद श्रम मंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे श्रमिक जो देश के अन्य राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और बिना सूचना दिए पैदल या मालवाहक गाड़ियों से आ रहे हैं उन पर कडी निगरानी रखी जाए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावत्ति न हो उन्होंने अधिकारियों को दसरे राज्यों के अधिकारियों से लगातार समन्वय कर श्रमिकों के रहने खाने मोजन चिकित्सा और राशन सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं प्रवासी मजदूर वापसी अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं राज्य शासन द्वारा मजदूरो को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेनों के साथ ही बसों की भी व्यवस्था की जा रही है वापसी के बाद इन श्रमिकों को सभी ग्राम पंचायतों में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा इस बीच इन मजद्रों के क्वारेंटाइन व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहर्देव ने सभी जिलों के जिला तथा जनपद पंचायत सदस्य और सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लौटने पर उनकी जांच क्वारेंटाइन की व्यवस्था और स्थानीय ग्रामीणों को सुरक्षित रखना हम सबके लिए बड़ी चुनौती होगी वहीं दंतेवाड़ा जिले के किरदुल स्थित अरनपुर बालक आश्रम में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर से आज बाईस मजदूर फरार हो गए ये श्रमिक छह मई को तेलंगाना से छत्तीसगढ़ लाए गए थे पुलिस और प्रशासनिक अमला इन श्रमिकों की तलाश कर रहा है इसी तरह महासमूंद जिले के क्वारेंटाइन सेंटर से भी दो लोगों के फरार होने का मामला सामने आया है खल्लारी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है दोनों आरोपी वाहन चालक है और दूसरे राज्य से महासमुंद आए हुए थे सीबीएसई परीक्षा जेईई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के तहत दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है सीबीएसई के अनुसार दसवीं और बारहवीं बोर्ड की बची हई परीक्षाएं जलाई के शुरूआती दो हफ्तों में आयोजित की जाएगी जबकि परीक्षा परिणाम अगस्त महीने में घोषित होंगे जानकारी के मुताबिक बारहवीं बोर्ड के मुख्य उनतीस विषयों की परीक्षाएं ली जाएंगी इस बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास ्मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि संयक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस आगामी तेईस अगस्त को आयोजित की जाएगी श्री निशंक ने कहा कि जेईई मेन्स परीक्षा अट्ठारह से तेईस जुलाई के बीच आयोजित होगी जबकि राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट छब्बीस जुलाई को होगी रायगढ़ गैस रिसाव रायगढ़ जिले के तेतला स्थित पेपर मिल में हानिकारक गैस रिसाव मामले की जांच शुरू हो गई है प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि इस मिल में निर्माण प्रक्रिया में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है बीते बीस मार्च से यह कारखाना बंद था जिससे यहां स्थित टैंक में जहरीली गैस एकत्र होने की आशंका थी लेकिन संयंत्र खुलने के बाद इस टैंक की जांच नहीं कराई गई और श्रमिकों को भी बिना सुरक्षा उपायों के कार्य में लगा दिया गया जिसकी वजह से ये मजदर जहरीली गैस की चपेट में आ गए औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग के उप संचालक मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मिल प्रबंधक को कारखाना अनुज्ञप्ति निरस्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिला कलेक्टर के आदेश पर प्रशासन ने इस संयंत्र को सील कर दिया है पुसौर थाने में मिल मालिक सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है गौरतलब है कि इस हादसे में सात मजदूर घायल हुए थे जिनमें से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है

सरगुजा जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर रैंडम जांच शुरू कर दी है अब तक करीब पैंतीस हजार लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा चुकी है इनमें से करीब ग्यारह सौ लोग सर्दी खांसी के मरीज थे लेकिन इनमें से किसी में भी कोरोना संक्रमण नहीं पाया गया है जांजगीर चांपा जिले में सैलून और पान दुकान खोलने की अनुमति सशर्त दी गई है जिला कलेक्टर जे पी पाठक ने बताया कि ये संस्थान सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक खोले जा सकेंगे वहीं कोरोना संक्रमण के बढते मामलों को देखते हुए राजनादगांव मेडिकल अस्पताल में मरीजों को परिजनों को अब बिना गेट पास के अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी भर्ती मरीज के साथ उसके एक परिजन के नाम पर ही गेट पास जारी होगा लेकिन जचकी और नवजात तथा बच्चा वार्ड में मरीज के साथ दो लोग रह सकेंगे अस्पताल प्रबंधन ने इन नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं बलौदाबाजार जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल और जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने बीती रात जिले के सीमावर्ती बैरियर का निरीक्षण किया इन अधिकारियों ने मालवाहक गाडियों और श्रमिकों को ले जा रही बसों की परिवहन व्यवस्था का जायजा लिया नांदघाट सिमगा और खरतोरा नाका में अधिकारियों ने प्रलिसकर्मियों की उपस्थिति की जानकारी ली जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिना स्वास्थ्य परीक्षण किए किसी भी मजदूर को जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जाए

उन्होंने कोर कमेटी की बैठक लेकर बस्तर जिले से दूसरे राज्यों के लिए रवाना हो रहे मजदूरों की स्थिति का संज्ञान लिया साथ ही सीमा क्षेत्रों में विशेष निगरानी दल द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की वहीं जशपुर जिला कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि क्वारेंटाइन सेंटरों के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाए उन्होंने दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों की संख्या के अनुसार आबादी से दूर स्थित भवनों को क्वारेंटाइन सेंटर बनाने के लिए चिन्हांकित करने को कहा है लॉकडाउन में छूट मिलने की वजह से आज दुर्ग के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले गए पावर हाउस के जवाहर मार्केट में लोग ंखरीदारी के लिए पहचे हालांकि कंटेन्मेंट जोन में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की छट नहीं दी गई थी जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने बताया कि दकानों को खोलने के लिए दिन और समय तय हैं सभी दुकानदारों को इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा शहर में मास्क पहने बिना बाहर निकलने वाले लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यवसायिक संस्थानों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की इन लोगों से सोलह हजार रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई जांजगीर नोट जांजगीर चांपा जिले में एक बार फिर सड़क पर नोट मिलने का मामला सामने आया है सक्ती के वार्ड क्रमांक नौ में सड़क पर सौ सौ रूपये के आठ नोट मिले हैं एहतियात बरतते हुए पुलिस ने इन नोटों को जांच के लिए भेज दिया है हालांकि पुलिस इसे शरारती तत्वों का काम बता रही है गौरतलब है कि इससे पहले जिले के नवागढ़ क्षेत्र स्थित घूठिया गांव में भी सड़क पर कृछ नोट मिले थे जांच में इन नोटों में कोई भी संदिग्ध तत्व नहीं पाया गया था

इस मौके पर राज्य के विभिन्न जिलों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए महामसूंद में रेडक्रॉस स्वयंसेवकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया इस मौके पर उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर इन वॉलेटियर्स का हौसला बढ़ाया मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसपी वारे ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मियों के साथ रेडक्रॉस इकाई के पदाधिकारी भी कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं कार्यक्रम के दौरान जूनियर रेडक्रॉस उप समिति के संचालकों ने जिला चिकित्सालय प्रशासन को एक हजार मास्क निःशुल्क प्रदान किए इसी तरह कवर्धा में भी जिला कलेक्टर अवनीश कमार शरण की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में रेडक्रॉस वॉलेंटियर्स की भूमिका की सराहना की गई साथ ही सिग्नल चौक में रेडक्रॉस रंगोली बनाकर लोगों को जागरूक भी किया गया बिलासपुर में रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर कोरोना महामारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर मानवता की सेवा कर रहे डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ और सफाईकर्भियों को सम्मानित किया गया कीप क्लैपिंग फॉर वॉलेंटियर्स थीम पर रखे गए इस कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक दीपांश काबरा जिला कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंग और पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के साथ रेडक्रॉस कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे वहीं विश्व रेडक्रॉस दिवस के मौके पर धमतरी जिले में रेडक्रॉस के स्वयंसेवकों ने मनरेगा के तहत कार्य कर रहे श्रमिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक किया कोल कारोबारी छापा वस्तु और सेवा कर जीएसटी की टीम ने आज राज्य के आठ कोयला कारोबारियों के यहां छापामार कार्रवाई की मिली जानकारी के मुताबिक आज दोपहर करीब दो बजे जीएसटी अधिकारियों की टीम ने एक साथ सभी जगहों पर दबिश दी छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर गोपाल वर्मा के निर्देशन पर यह कार्रवाई चल रही है बताया जाता है कि जिन कोल कारोबारियों के यहां छापा पड़ा है उनमें रायपुर के तीन कोरबा के एक और रायगढ़ तथा बिलासपुर के दो दो कारोबारी शामिल हैं संक्षिप्त समाचार रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में न्यू मॉडल प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के तीन गार्डो को बंधक बनाकर अज्ञात लोगों ने लुटपाट की

कबीरधाम जिले के पंडरिया बजाग मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है करीब एक सौ अट्ठाईस करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली यह सड़क छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश को जोड़ती है महासमुंद जिले के चिरको पटेवा विद्युत सब स्टेशन के पावर ट्रांसफार्मर में अज्ञात कारणों से आग लग गई फायर विग्रेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका इस वजह से जिले के करीब अट्ठारह गांवों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है दर्ग के हाउसिंग बोर्ड स्थित मकान में बीएसपी का एक कर्मचारी मृत पाया गया है मृतक घर में अकेला रहता था और आशंका जताई जा रही है कि करीब छह सात दिन पहले इसेकी मौत हो चुकी थी सूरजपुर पुलिस ने डेडरी गांव में एक ग्रामीण की हत्या के मामले को चौबीस घंटे के भीतर सूलझाने में सफलता हासिल की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है मौसम मौसम विमाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उत्तर पश्चिम मध्यप्रदेश से दक्षिणी कर्नाटक तक बने द्रोणिका के असर से राज्य के अधिकतर इलाकों में बारिश हो रही है राजधानी रायपुर में आज दोपहर बाद आसमान बादल छा गए इसके बाद हवाओं के साथ जोरदार बारिश हई राजधानी में श्रम मंत्री शिवकुमार डहरिया के शासकीय निवास परिसर में आज दोपहर बाद अचानक आकाशॉय बिजली गिर गई इससे किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई है इस घटना से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है घटना के वक्त श्री डहरिया अपने निवास पर ही मौजूद थे इसी तरह भिलाई नगर में भी घने बादल छाने के बाद गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई जिसकी वजह से शहर में कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है वहीं राजनादगांव जिले में भी रूक रूककर बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है महासमूद जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की खबर मिली है धमतरी जिले में तेज धूप के बाद अचानक मौसम में बदलाव आया तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई इसकी वजह से कई स्थानों पर पेड़ दूटकर गिर गए वहीं फसलों को भी नुकसान होने का समाचार मिला है